इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसका आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जायेगा हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी पर्व की पूर्व सध्या पर आज प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी का पर्व अधर्म पर धर्म बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का संहार किया था सम्पूर्ण भारत में यह पर्व परम्परागत श्रद्धाभाव एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है उन्होंने कहा विजयादशमी का पर्व हमें आशा उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है विजयादशमी शक्ति उपासना का भी उत्सव है नवरात्रि के नौ दिन जगदम्बा की उपासना करके भक्तों में शक्ति का संचार होता है

शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन आज अष्टमी और नवमी पर भक्तों ने शक्तिरूपा देवी के महागौरी और सिद्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना की भक्तों ने कोविड संबंधी एहतियाती उपायों का पालन करते हुए मन्दिरों में माता के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की अष्टमी और नवमी के पर्व पर आज भक्तों ने उपवास रखकर घरों में कन्याओं का पूजन और विधिविधान के अनुसार हवन पूजन किया नवरात्रि पर्व क अंतिम दिन आज प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है वहीं दुर्गा पंडालों में आज सन्धि पूजा के दौरान देवी मॉ का आवाहन किया गया मन्दिरों और देवी पंडालों को फूलों और रंगबिरंगी लाइटों से सजाया गया है मिर्जापुर में मॉ विन्ध्यवासिनी देवी मन्दिर में श्रद्धालुओं ने विभिन्न गंगा घाटों में स्नान करने के बाद मॉ को नारियल चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की वहीं बलरामपुर में प्रमुख शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कतारों में दूर दूर खड़े होकर दर्शन पूजन किया हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट डिस्पैच जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर नगर में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर आज अष्टमी तिथि को सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है सूर्य कुंड से लेकर मंदिर परिसर तक श्रद्वालु कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं कोई नारियल चुनरी चढ़ाकर मुरादें पूरी करने की अरदास कर रहा है तो कोई मुरादें पूरी होने पर मां को नारियल चुनरी भेंट कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है वह बिना मास्क के श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है अष्टमी तिथि व शभ मुहूर्त होने से कन्या पूजन मुंडन अन्नप्राशन जैसे सामाजिक व धार्मिक कर्मकांड भी लोगों द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं राम कुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर वहीं वाराणसी में प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मन्दिर में महागौरी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई अष्टमी के दिन यहां महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी और नवमी के पर्व पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभ कामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दुर्गा पूजा पर बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा कि यह पव भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान का प्रतीक है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में प्रार्थना की है कि मां दुर्गा हम सभी को प्रसन्नता अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली प्रदान करें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

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के सकिय मामलों में उन्सठ प्रतिशत की कमी आई है

उन्होंने प्रदेश में चलाये जा रहे संचारी रोग अभियान में लोगों से सहयोग की अपील की है उन्होंने त्योहार के सीजन में और अधिक सतर्कता बरतने पर जोर देते हुए लोगों से बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलने और सभी जरूरी सावधानी रखने की अपील की

इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अगले माह अभियान चलाकर सात हजार गांवों में लोगों के गोल्डन कार्ड बनाये जायेंगे

उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों और सर्दियों में पर्याप्त सावधानी और कोविड नियमों का समुचित पालन करने से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए आगामी एक नवम्बर से खुल जायेगा

नये पर्यटन सत्र में टाइजर रिजर्व कर्मचारियों के साथ साथ पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा जंगल की सैर कराने के लिए सफारी गाड़ियों पर इस बार केवल चार पर्यटक ही बैठ सकेंगे प्रत्येक वाहन में सेनिटाइजर उपलब्ध रहेगा दस साल से कम आयु के बच्चे और पैसठ वर्ष से अधिक आय् के लोग इस बार टाइगर रिजर्व में जंगल की सैर नहीं कर सकेंगे प्रदश में कोरोना महामारी के कारण टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए आगामी दो नवम्बर से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा यह अभियान तीन महीने तक चलेगा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने बताया कि राज्य सरकार ने टीकाकरण से छूटे हुए तीन लाख छियान्नबे हजार बच्चों तथा चार लाख छियान्नबे हजार गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में सप्ताह में तीन दिन सोमवार बुधवार आर शनिवार को यह टीका लगाया जायेगा

मेले में विभिन्न विभागों एवं स्वयं सहायता समूहों ने अपनी विशेष थीम पर स्टॉल लगाकर मिशन शक्ति प्रदर्शनी में सहभागिता की इस अवसर पर श्री बालियान ने कहा कि बेटे और बेटियों में बिना भेदभाव के उन्हें आगे बढने का मौका देना चाहिए जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे राज्य को जाति और धर्म की राजनीति में बांटकर प्रदेश में अस्थिरता का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे वह आज जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह के समर्थन में किसान चौपाल को सम्बोधित कर रहे थे समाप्त